देर शाम तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है

शिवपुरी से हमारे संवाददाता रजीत गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं

गुना में मतगणना स्थल पर बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा

भिंड में भी कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी

लोकल फार दीवाली मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा दीपावली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टी के दियों सुती रेशमी हाथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फार दीवाली हैश टैग अभियान का शुभारंभ किया है इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल ग्वालियर जबलपुर इंदौर और सागर में दीपोत्सव मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में दुबई में आज शाम डेल्ही कैपिटल्सा का सामना मुम्बई इंडियन्स से होगा मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा दिल्ली की टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है